प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि पुलिस कर्मियों की शहादत और सेवा को सदैव याद रखा जायेगा

आज देशभर में पूलिस स्मृति दिवस मनाया गया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज इस मौके पर डयूटी के दौरान शहीद हये पूलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी है कई टवीट कर श्री मोदी ने कहा कि प्लिस स्मृति दिवस पूरे भारत में प्लिस कर्मियों और उनके परिवारों के प्रति आभार व्यक्त करने का दिन है प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी शहादत और सेवा को सदैव याद रखा जायेगा केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि केन्द्र सरकार स्रक्षा बलों को प्रौद्योगिकी से लैस कर सीमाओं को और मजबूत करने पर काम कर रही है गृह मंत्री ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय प्लिस स्मारक पर परेड से सलामी लेने के बाद अपने सम्बोधन में यह बात कही उन्होंने डयूटी के दौरान शहीद होने वाले पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि भेंट की गृहमंत्री ने प्लिस कर्मियों को आश्वासन दिया कि केन्द्र सरकार स्रक्षा बलों और उनके परिवारों के हितों की रक्षा करने के लिए हमेशा तैयार है

इस मौके पर पूलिस महानिदेशक संजय बेनीवाल में पूलिस जवानों को रोडल आफ ऑनर और प्लिस कलर से सम्मानित किया इससे पहले प्लिस महानिदेशक और अन्य अधिकारियों ने स्मारक पर जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की आज के समारोह में उन सभी शहीदों को याद यिका गया जिन्होंने देश और नागरिकों की सुरक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया है शहीदों की याद दो मिनट का मौन भी रखा गया और परेड के दौरान शस्त्र उल्टे रख उन्हें सलामी दी गई

मुख्यमंत्री आज पंचकूला पूलिस लाइन में पूलिस स्मृति दिवस के मौके पर आयोजित कार्यकम को सम्बोधित कर रहे थे इस मौके पर उन्होंने युदध स्माकर पर माल्यपर्ण कर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की इस मौके पर हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञान चंद ग्प्ता भी मौजूद रहे

मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की एकता व अखंडता और नागरिकों के जीवन और सम्पति की सुरक्षा के लिए बलिदान देने वाले बहाद्र जवानों के परिवारों की देखभाल करना सरकार की जिम्मेदारी है उन्होंने इस मौके पर सरकार द्वारा प्लिस जवानों के कल्याणर्थ चलाइ जा रही योजनाओं की जानकारी भी दी

प्रदेश के अन्रू जिलों से भी प्लिस स्मृति के मौके पर प्लिस व अर्धसैनिक बलों के जवानों को श्रद्धांस्मन अर्पित किये जाने के समाचार मिले है

कोरोना उचित व्यवहार आपकी समाजिक जिम्मेदारी भी है

शिमला कालका हेरीटेज रेल गाड़ी आज ये फिर शुरू हो गई है

कालका रेलवे सटेशन के अधीक्षक गोकुल सिंह ने बताया कि करीब छ महीनें बाद यह गाड़ी पटरी पर लौटी है

केन्द्रीय जलशक्ति एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री रतन लाल कटारिया ने आज पंचकूला के सचिवालय के सभागार में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कार्यक्रम के जीयो टैगिंग मोबाईल एप की शुरूआत की

उन्होंने कहा कि इस प्रकार अधिकतम कामों को डिजिटल माध्यम से करते रहेंगे और किसानों के लिए यह सिंचाई योजनाएं बड़ा बदलाव लायेंगी हरियाणा के उपम्ख्यमंत्री दृष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रदेश की अनाज मंडियों में फसलों की खरीद प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है और फसल की अदायगी भी किसानों के खाते में सीधी डाली जा रही है उन्होंने कहा कि इससे साबित हो गया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर भ्रम की स्थिति पैदा करना विपक्षियों का द्वष्प्रचार किया गया है उपम्ख्यमंत्री आज ग्रुग्राम जिला के गांव वजीराबाद में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के बाद मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे थे इस मौके पर श्री दृष्यंत चौटाला ने कहा कि ग्रुग्राम में कुछ और गांवों को नगर निगम की सीमा में लाने के लिए अधिसूचना जारी हई है जिस पर आपतियां मांगी गई हैं

उप म्ख्यमंत्री ने बरोदा उपच्नाव के बारे में प्छे गए प्रश्न के उतर में बीजेपी जेजेपी गठबंधन के उम्मीदवार की जीत का दावा किया और कहा कि इस बार जीत का अंतर जींद उपच्नाव से भी ज्यादा होगा